बजट प्रसारण केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल कल अंतरिम बजट पेश करेंगे अरूण जेटली के बीमार होने की वजह से श्री गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इस सरकार का यह अंतिम बजट होगा

फिर भी चुनावी साल होने के कारण यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट में आम लोगो के लिये कई रियायतों का ऐलान कर सकती है

इसमें बजट के बारे में विशेषज्ञों के विश्लेषण विशेष बजट बुलेटिन और बजट के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया शामिल होंगी यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों तथा आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के सभी सोशल मीडिया मंचों ट्वीटर और फेसबुक के ए आई आर न्यूज अलर्टस तथा न्यूज ऑन ए आई आर यू ट्यूब चैनल पर कल सुबह दस बजकर दस मिनट से उपलब्ध होंगे बजट सत्र राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने नए भारत के निर्माण और आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है राष्ट्रपति आज बजट सत्र शुरू होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षो में देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने तथा सबको स्वास्थ्य सुवधिाएं और शिक्षा उपलब्ध कराने के अनेक उपाय किए हैं राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ऐसे नए भारत की बुनियाद रखने के लिए काम कर रही है जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो तथा जहां समाज के सभी वर्गों का विकास हो

उपच्नाव परिणाम हरियाणा में जींद विधानसभा के लिये हुये उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण मिढढा ने जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला को बारह हजार नौ सो पैंतीस वोटों से हराया कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला तीसरे स्थान पर रहे वहीं राजस्थान में रामगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीत ली है पार्टी की सफिया जुबैर ने भाजपा के सुखवंत सिंह को पराजित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा में इस जीत के लिये पार्टी की प्रदेश ईकाई और मुख्यमंत्री को बधाई दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि पार्टी के विकास के ऐजेंडे को लोंगों में समर्थन मिल रहा है परीक्षा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पर चर्चा की थी

दिल्ली से वापस सतना लौटने पर छात्रा ने हमारे संवाददाता को बताया कि प्रधानमंत्री के परीक्षा के बारे में किये गये संवाद से हमें बहुत बल मिला है

रोजाना दो पालियों में ऑनलाईन परीक्षा ली जायेगी

पीईबी ने प्रवेश पत्र जारी कर दिये हैं

परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर डेढ़ घंटे के पहले पहुंचना होगा इस परीक्षा में प्रदेश के दो लाख से अधिक आवेदक और अन्य प्रदेशों के आवेदक भी शामिल होंगे नर्स भर्ती प्रदेश सरकार ने पिछली भर्ती में नौकरी नहीं ज्वाईन करने वाली स्टाफ नर्सो को नौकरी ज्वाईन करने का एक और मौका दिया है

सिंधिया दौड् कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर में विकास के लिये दौड़ लगाई जिले के तीन दिन के दौरे पर यहां आए स्थानीय सांसद श्री सिंधिया ने करीब एक किलोमीटर लंबी दूरी की यह दौड़ नगरपालिका से शुरू हो कर तुलसी पार्क पर खत्म हुई इस मौके पर श्री सिंधिया ने कहा कि यह दौड़ अशोकनगर के नए वातावरण के लिए लगाई जा रही है

नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड द्वारा इन केन्द्रों पर इलैक्ट्रॉनिक कांटों के माध्यम से धान खरीदी का कार्य सम्पन्न किया गया

सहकारिता मंत्री डॉ गोविन्द सिंह द्वारा हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश जारी किये गये थे गौशाला स्वागत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार के प्रदेश में करीब एक हजार गोशालाएं खोलने के फैसले का स्वागत किया है श्री चौहान ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि गाय आस्था का विषय है और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाए

मौसम प्रदेश में ठंड का दौर जारी है

मौसम विभाग ने ग्वालियर और चम्बल संभागों के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है

इसमें प्रश्नमंच और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया